प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण छह फरवरी से शुरू होगा

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आजादी के आंदोलन की प्रमुख घटना चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है साउंड बाइंट बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा नए नए कर लगाने की पड़ेंगे लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण के जरिये भारत ने देशवासियों को ही नहीं बल्कि वैश्विक मानव जगत को सुरक्षित करने का काम किया है साउंड बाईट साथियों सामूहिकता की जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा था वहीं शक्ति भारत को दूनिया की बड़ी ताकत भी बनायेगी

जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनियामर को वैक्सीन पहुंचा रहा है दे रहा है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी गर्व महसूस होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है साउंड बाइट हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहत बड़ी भूमिका थी किसान आगे बढेंगे आत्मनिर्मर बने इसके लिए पिछले छरू सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा क्रषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया हमारा किसान अगर और सशस्त होगा तो कृषि क्षेत्र में से ये प्रगति और तेज होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी

उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवीय का स्वतरू स्फूर्त संग्राम ये दुर्माग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं रो पाई

चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में वर्ष भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा

गौरखपुर जिले का चौरी चौरा नामक नाम तब सुर्खियों में आया जब ब्रिटिश पुलिस आंदोलन कारियों पर अत्याचार किए के विरोध में हिंसक झडपें हई और खिलाफत आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन स्थानीय पुलिस से मिड़ गए इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और थाने की इमारत में आग लगा दी जिससे उसके अंदर मौजूद समी लोग मारे गए

इसमें फ्रंट लाईन वर्कर्स को टीके दिये जायेंगे

श्री पांडेय ने कहा कि दूसरे चरण के लिये अब तक दो लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिये पर्याप्त संख्या में कोविड के टीके उपलब्ध हैं फ्रंट लाईन वर्कर्स में पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं इसके अलावा सीविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी टीका दिया जायेगा इधर राज्य में अब तक दो लाख बासठ हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है राज्य में सोलह जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत हुई थी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार देश में आठवें स्थान पर पहुंच गया है अभी तक टीकाकरण के बाद किसी भी लाभार्थी में विपरीत प्रभाव नहीं देखे गये हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है वर्ष उन्नीस सौ अठासी बैच के गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी श्री सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रतिचक्रवात के कारण बारिश की संभावना है

राज्य में आज अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहने के कारण ठंड से राहत रही गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया शेखप्रा का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया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 बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह सात फरवरी से शुरू होगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे श्री सिन्हा ने कहा कि इसके तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे सात फरवरी को उद्घाटन समारोह की शुरूआत लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका पर प्रबोधन कार्यक्रम से होगी इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी अपने अपने विचार रखेंगे वहीं दूसरे सत्र में लोक महत्व के मामले को सदन में उठाने की प्रक्रिया विधायी शक्तियां और दायित्व विषय पर चर्चा का आयोजन होगा कार्यक्रम को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संबोधित करेंगे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है श्री सिन्हा के अलावा कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा इधर दिवंगत मैनेजर की पत्नी ने भी हत्याकांड में पुलिस के खुलासे को लीपापोती का प्रयास बताया है और सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है गौरतलब है कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कल कहा था कि सड़क पर विवाद और हाथापायी के बाद बदले की भावना को लेकर रूपेश सिंह की हत्या कर दी गयी थी पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्मशताब्दी के अवसर पर चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गये हैं उनका जन्म आज ही के दिन उन्नीस सौ बाईस में कर्नाटक में हुआ था विभिन्न पद्म पुरस्कारों के साथ साथ उन्हें दो हजार नौ में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्मशती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा कि देश विदेश में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर तिहत्तर मिनट के वृत्तचित्र का निर्देशन किया है इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा को दिखाया है सुर और लय के सम्राट पंडित भीमसेन जोशी के गाये भक्ति गीत अजर अमर हैं

इस संबंध में राज्य सरकार और केन्द्र के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम के बीच सहमति बन गयी है गौरतलब है कि बक्सर में छह सौ साठ छह सौ साठ मेगावाट क्षमता के दो पावर प्लांट लगाये जाने वाले हैं नालंदा जिले में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यार्थियों को नहीं शामिल करने पर एससीईआरटी ने तीन सौ संतावन मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई के आदेश दिये हैं कटिहार जिले के फलका में पुलिस ने मोटरसाईकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है इस गिरोह के पांच अपराधियों को कई चोरी की मोटरसाईकिलों के साथ गिरफ्तार किया है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण छह फरवरी से शुरू होगा